स्टार्टअप पीएम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में उद्यमिता को बढावा देने के लिए स्टार्टअप के विकास की एक हजार करोड रूपये की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा की स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में बातचीत करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि उद्यमियों के लिए शुरूआती दौर में पंजी की आसान उपलब्धता होना बहत जरूरी है

इनमें से पांच हजार सात सौ से अधिक आईटी क्षेत्र में और तीन हजार छह सौ से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र में हैं श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी एक हजार सौ स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से सहायता देशभर में चुने हए इनक्यूबरेटर के जरिये प्राप्ति की जा सकती है प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्टार्टअप में देश का भविष्य बदलने की क्षमता है उन्होंने स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान स्टार्टअप उद्यमियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत भी की प्रधानमंत्री ने द्रदर्शन पर विशेष धारावाहिक कार्यक्रम स्टार्टअप चैम्पियंस के प्रसारण का भी शुभारंभ किया

उन्होंने ये जानकारी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को भी दी

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग एसीएस स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान स्वास्थ्य आयुक्त डॉ संजय गोयल भी मौजुद थे उन्होंने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपरिथति में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के बाद गांधी मेडिकल कॉलेज में बनाये गये केन्द्र पर पहले व्यक्ति का वैक्सीनेशन किया गया

स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने बताया कि भोपाल में जेपी अस्पताल रायसेन जिला चिकित्सालय और विदिशा जिला चिकित्सालय में वैक्सीनेशन साइट पर उन्होंने स्वयं जाकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का निरीक्षण किया

केन्द्रीय मत्स्यपालन पश्पालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि मध्यप्रदेश के छतरपुर गुजरात के सुरत नवसारी और नर्मेदा महाराष्ट्र के कुछ स्थानों उत्तराखंड के देहरादन और उत्तर प्रर्देश र्के कानपुर जिलों में एविएन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है इसके अतिरिक्त दिल्ली के नजफगढ़ में कबूतर और भूरे रंग के उल्लू और रोहिणी में बगुले में एविएन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई है मंत्रालय ने कहा है कि देश के प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी के लिए गठित केंद्रीय दल प्रभावित स्थलों का दौरा कर रहे हैं और एविएन इन्यलएजा फैलने के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और संक्रमण मुक्त क्षेत्रों और राज्यों से खरीदे गये पोल्ट्री तथा पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की अनुमति प्रदान करें यह भी कहा गया है कि अच्छी तरह से पकाए गए चिकन और अंडे सुरक्षित है मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ताओं को आधारहीन अवैज्ञानिक और भ्रम पैदा करने वाली अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए

इस कार्यक्रम को देशभर में आम जनता विशेषकर युवाओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है इसका उद्देश्य सभी लोगों को सड़क सुरक्षा में अपना योगदान देने का अवसर भी मुहैया कराना है सड़क सुरक्षा माह के दौरान स्कूल एवं कॉलेजों के साथ साथ चालकों और सड़क का उपयोग करने वाले आम लोगों के साथ मिलकर कई तरह की गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा अच्छी खबर प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि नारी से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा इस कड़ी में नारी सुरक्षाआत्मनिर्भरता और नारी सशक्तिकरण के लिए रीवा में भी नारी सम्मान अभ्जियान चलाया जा रहा है

इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता सुदीप उपस्थित थे